प्रणब मखर्जी निधन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में निधन हो गया है

उनके बेटे अभिजीत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी पूर्व राष्ट्रपति फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए दिल्ली के सेना अस्पताल में पिछले क्छ दिनों से भर्ती थे उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है डीआरडीओ सीएम प्रदेश के युवाओं को डीआरडीओ में प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग के छात्रों को डीआरडीओ की देहरादून स्थित आईआरडीई समेत कई लैब में इंटर्नशिप कराई जाएगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी की कल हुई मुलाकात में इस बात पर सहमति बनी

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देशभाल की ग्णवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पतालों की रैकिंग लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी आय्ष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है

देश में अब ठीक हए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तूलना में साढ़े तीन ग्ना हो गयी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले आठ दिनों में पांच लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं

सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही ठीक होने वालो की दर बढी है और मृत्युदर कम हुई है इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात नौ है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहत कम है

इस बीच भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने आज होने वाली कार्यकारिणी बैठक स्थगित कर दी है यूपी परिसंपतियां उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने परिसंपतियों के बंटवारे के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बाजार दर के आधार पर परिसंपत्तियों का भ्गतान करने को कहा है

कृषि मंत्री बैठक प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कृषि उद्यान आधारित सेक्टर में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र को और मजबूत करना होगा

उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे कृषि एलाइड सेक्टर के अधिकारियों में विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए किसानों को और बेहतर स्विधाएं उपलब्ध करायें उन्होंने एकीकृत कृषि बागवानी योजना पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये कृषि मंत्री ने मण्डल में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कृषक उत्पादक समूहों एफपीओ का गठन किया जा रहा है आगामी तीन सालों में तीन सौ समूहों का लक्ष्य रखा गया है

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रदेश सरकार की ग्रोथ सेंटर निर्माण योजना से इन कामगारों को एक छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं बिजली से चलने वाली मशीनों के लगने से श्रम की बचत हो रही है और यहां के परंपरागत शिल्प उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है जिले की परियोजना निदेशक विम्मी जोशी का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रोथ सेन्टरों का निर्माण किया है

इ नेट और एन्टिजन टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वाले श्रदधालुओं को ही यात्रा की इजाजत मिलेगी

हेमकृण्ड साहिब की यात्रा को लेकर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस अध्रदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यात्रा से जुड़े किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस बार इस बार यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने ग्रूदवारा प्रबंधक को बाहर से आने वाले उम्र दराज श्रदधालुओं यात्रा पर न आने की सलाह देने को कहा यात्रा के दौरान ग्रूदवारों में शारीरिक द्री मास्क पहनना और कोविड के सभी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा